उन्होंने कहा कि सरकर के इस कदम से किसानों को आमदनी में वृद्धि होगी और इससे निवेश भी बढ़ेगा एनडीए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पांच जुलाई को संसद में पेश करेगी इस आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं प्रदेश में लोगों और कर्मचारियों को आयकर में छूट शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सुविधाएं मिलने की उम्मीद है प्रदेश के सभी मंडलों में खाद्य और औषधि के नमूनों की जांच के लिए शीघ ही प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी

उन्होंने कहा कि विभाग में जल्द ही ड्रग कन्ट्रोलर की नियुक्ति की जाये साथ ही उन्होंने पानी के पैकेज्ड बोतलों जारों और अन्य भण्डारों के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाने के भी निर्देश दिय

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पयजल के उपयोग से अधिकतर बीमारियां स्वयं ही नियंत्रित रहती हैं खाद्य पदार्थो और औषधियों का निरंतर निरीक्षण किया जाये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा है कि समग्र कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा आने वाले महीनों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढाई लाख नए रोजगार पैदा होंगे नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की मंशा दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति को सही अर्थों में कुशल कार्यबल में परिवर्तित करना है

जनपद के एक दिवसीय दौरे पर आये श्री मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भाजपा सरकार में हो संभव है केन्द्र और प्रदेश सरकारें गरीबों के कल्याण क लिए मिलकर काम कर रही हैं अभी और काम करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि हाल ही के चुनाव में जनता ने जातिवाद को नकार कर विकास के मुद्दे को चुना है सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने तथा साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं इलैक्ट्रोनिक्स और सूचना टैक्नोलोजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि केन्द्र ने महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल इन्फॉरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्वर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया है

बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर बस्ती से होकर बहने वाली मनवर नदी के पुनरोद्वार के लिए अनुरोध किया श्री द्विवेदी ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री को दिये गये पत्र में मनवर नदी को घाघरा नदी से जोड़ने से लेकर उसकी साफ सफाई पक्के घाटों का निर्माण और जल शुद्धिकरण प्लांट सहित अन्य कार्य कराने का विशेष आग्रह किया गया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

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने कल लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन संयंत्रों में ओडिशा का तालचेर आंध्र प्रदेश का रामगुंडम गोरखपुर और सिंदरी का उर्वरक संयंत्र तथा बिहार का हिन्दुस्तान उर्वरक संयंत्र शामिल हैं

राज्यसभा में कल एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है

केन्द्र सरकार ने मछुआरों और पशुपालक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का फैसला किया है

मत्स्य पालन पशु पालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत मौजूदा कार्डधारक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण ले सकते हैं इस ऋण पर ब्याज में वार्षिक दो प्रतिशत की छूट मिलती है समय पर ऋण चुकाने पर वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त छूट मिलती है हमीरपूर जनपद में धान की फसल के अच्छे उत्पादन और बढ़ते लाभ की देखा देखी में अन्य किसानों ने भी धान की फसल को पारम्परिक खेती में शामिल करना शुरू कर दिया है डिस्पैच बन्देलखंड में जहां सिर्फ दलहन तिलहन की खेती होती है और दलहन तिलहन हब के नाम से जाना जाता है वहां दाल के कटोरे में अब धान के अंकुर फूटने लगे ही नहीं लगे बल्कि अन्य हिस्सों में धान जहां पारम्परिक खेती में शामिल हो रहा है वहीं जनपद हमीरपुर भी आधनिक खेती का पर्याय बनता जा रहा है जिसे देखकर कृषि विभाग भी चकित है गौरतलब हो कि चार साल पहले प्रदेश का हमीरपुर सम्भवतः इकलौता जिला होगा जहां धान का उत्पादन शून्य रहता था किसानों ने बताया कि हार्वेस्टर से फसल काटने पंजाब से यहां आने वाले किसानों की राय से प्रेरित कुछ किसानों ने धान की फसल कुछ बीघा जमीन में शुरूआत की थी

आशा है कि भविष्य में सिचाई के बढ़ते संसाधनों के चलते यहां नगदीय फसलों को और प्रोत्साहन मिलेगा

रेल प्रशासन ने प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रेलगाड़ियों मे अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या पन्द्रह शुन्य अट्ठारह गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस में चार जुलाई को गोरखपुर से पन्द्रह शून्य सत्रह लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस में छह जुलाई को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पन्द्रह शून्य बावन गोरखपुर कालकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस पन्द्रह शून्य पैसठ गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस म चार जुलाई को गोरखपुर से शयनयान का एक एक अतिरिक्त कोच लगाया जायेगा इसी तरह पांच जुलाई को कोलकाता गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस म कोलकाता से और पनवेल गोरखपर एक्सप्रेस में पनवेल से एक एक शयनयान का अतिरिक्त कोच लगाया जायेगा बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के तिगड़ी गांव मे आज एक हाथी ने वन दरोगा को कुचल कर मार डाला दरोगा हेमंत कुमार गांव में रेस्क्यू टीम के साथ गये थे उसी दौरान झाड़ियों में छिपे हाथी ने उन पर हमला कर दिया कई दिनों से दो जंगली हाथी जंगलों से निकल कर इस क्षेत्र मेंआ गये हैं जिससे लोगों में भय व्याप्त हैं

सरकार ने कहा कि परमाणु ऊजा पैदा करने के विषय में निजी क्षेत्र को अनुमति देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है